इस वर्ष करगिल विजय दिवस का मुख्य विषय है पुनर्स्मरण प्रसन्नता और पुनर्स्थापना इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित बादामी बाग युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की

वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से कारगिल के शहीदों को विनम्र श्रद्वांजलि दी कारगिल विजय दिवस पर तीन दिन का आयोजन कल से शुरू हआ

कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर कल ग्वालियर में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया इससे पहले सैकड़ो दीप जलाकर अमर शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की गई आज इस अवसर पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया जा रहा है भारतीय सेना की सुदर्शनचक कोर के भोपाल स्थित द्रोणांचल परिसर में शहीदों की स्मृति में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इनमें सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी मार्शलआर्ट और सैन्य बैण्ड की संगीत प्रस्तुतियां प्रमुख हैं इसके अलावा रवीन्द्र भवन में भी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड और भोपाल एक्स सर्विसेस लीग की ओर से हो रहे कार्यक्रम में शहीद सैनिकों को श्रद्वांजलि दी जा रही है कार्यक्रम में कारगिल युद्ध पर बनी लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया जा रहा है

श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से विचार आमंत्रित किये हैं

इनमें प्रभारी कार्यपालन यंत्री सेतु संभाग जबलपुर एक अनुविभागीय अधिकारी दो उप यंत्री शामिल हैं उच्च स्तरीय पुल के क्षतिग्रस्त होने की प्रारंभिक जाँच में ये अधिकारी दोषी पाये गये हैं निर्माण कार्य से जुड़ी एजेंसी को भी ब्लेक लिस्टेड किया गया है मंत्री श्री वर्मा ने घटना की विस्तृत जाँच किये जाने के निर्देश दिये हैं

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने इस प्रयास की सराहना की है मंत्री श्री पटेल ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण अंचल को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए स्वच्छाग्राहियों से छूटे घरों का चिन्हांकन कराया जा रहा है

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि स्वच्छाग्राही मोबाइल एप से अपनी रिपोर्ट स्वच्छ एमपी पोर्टल पर प्रदर्शित करेंगे शौचालयों के निर्माण से छूटे घरों में निर्माण और अनुपयोगी हो चुके शौचालयों को उपयोगी बनाने का कार्य किया जायेगा

मतदाता की फोटो क्वालिटी का परीक्षण मतदाता प्रमाणीकरण किया जायेगा